हरियाणा विधानसभा ने केन्द्र सरकार के इस फैसले का आभार जताते हये घ्वनिमत से प्रभावित पारित कर फैसले को समर्थन दिया हरियाणा में बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिये जींद हांसी नई रेल लाइन के प्रस्ताव को विधानसभा में स्वीकृति प्रदान की गई स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि बीपीएस महिला मेडिकल काजेल खानप्र मे सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिये प्रक्रिया जारी है

विपक्ष ने हंगामे के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अस सम्बधी प्रसताव राज्यसभा में पेश किया उन्होंने इस प्रस्ताव को सही बताते हुये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे कभी कोई फायदा नहीं हुआ और राजनेताओं ने वहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है

प्रस्ताव का विरोध करते हये विपक्ष के नेता गूलाम नवी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस हर कीम पर संविधान की रक्षा करेगी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान का निरादार करने का दोष लगाया

जम्मू और कशमीर राज्य में विधानसभा भी रहेगी हरियाण के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विधानसभा में ये ये प्रस्ताव पेश किया इससे पहले संसदीय मंत्री राम बिलास शर्मा ने विधानसभा को ये जानकारी देते हये बताया िक सरकार के इस फैसले का बहजन समाज पार्टी बीजू जनता दल डीएमके और आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है उन्होंने डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वाराकश्मीर के लिये दी गई शहादत का जिक्र करते हये सरकार के इस कदम का समर्थन करने के लिये प्रस्ताव पारित करने की अपील की कांग्रेस के करण दलाल दवारा इस मुद्दे को लेकर कुछ सवाल उठाये गये कांग्रेस विधायकों की सत्ता पक्ष के विधायकों व मंत्रियों के इसको लेकर नोक झोंक हई हालांकि बाद में भूपेन्द्र सिंह हडडा अभ्य चौटाला सहित कई नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया सदन मे कश्मीर पर अपने हक को लेकर सतापक्ष दवारा नारेबाज़ी भी की गई कुल मिलाकर बाद में सर्वसम्मति बनने पर प्रसताव को ध्वनिमत पारित कर दिया गया हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि सरकार ने ग्रामीण तालाबों के पानी को उपचारित कर सिंचाई व अन्य कार्यो के लिये उपयोग करने हेतु तीन स्तरीय व पांच स्तरीय तालाब प्रणाली लागू की है और इसे चरणबद्व संग से सभी गांवों में लागू किया जा रहा है श्री धनखड़ प्रश्नकाल के समय विधायक जगबीर सिंह मलिक के एक प्रश्न का उतर दे रहे थे

उन्होंने विधायक दवारा काम पूरा होने बारे गलत जानकरी के आरोप पर श्री धनखड़ ने बताया कि ड्रोन की माध्यम से फोटोग्राफ लिये गये है और गोहाना विधानसभा के सरपंच ने मोबाइल पर भी उन्हें कार्य की प्रगति बारे बतायाहै खांडा हेड़ी गांव में तालाब खोदे जाने की शिकायत पर उन्होंन कहा कि इसकी जांच करवाई जायेगी हरियाणा के परिहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि अग्रोहा से बरवाला वाया शाम सुख रूट पर प्रतिदिन बस के फेरे लगाये जा रहे है और बरवाला से अग्रोहा वाया शामसुख मार्ग पर प्रतिदिन तीन फेरे संचालित हो रहे है मंत्री विधायक अनूप धानक अग्रोहा से बरवाला वाया शाम सुख तथा अग्रोहा से साबर वास तक बस सेवा श्रू करने बारे पूछे गये एक प्रशन का उत्तर दे रहे थे उनहोंने कहा कि साबरवास के लिये पहले ही बस सेवा शुरू की जा चुकी है

रेलवे लाइन चार वर्ष की अवधि में बन कर तैयार हो जायेगी वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने यह जानकारी देते हये बताया कि जींद हांसी नई रेल लाइन राज्य सरकार और रेलवे मंत्रालय का एक संय्क्त उद्यम होगा और इसका निर्माण हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम द्वारा किया जायेगा उन्होंने बताया कि प्रस्तावित रेल लाइन दिल्ली बठिंडा रेल लाइन पर मौजूद जींद स्टेशन से श्रू होगी और भिवानी हिसार रेलवे लाइन पर मौजूद हांसी स्टेश्न पर समाप्त होगी

उन्होंने कहा कि इसमें जींद व हिसार के बीच द्री लगभग पचास किलोमीटर तक कम हो होगी और इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में कृषि व उर्वरकों को तेज़ी से लाने ले जाने में मदद मिलेगी हरियाणा के बिजली मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विधायक श्रीमती गीता भुक्कल को भरोसा दिलाया है कि झालड़ी थर्मल प्लांट पावर पलांट तथ्जा सीएलपी संयंत्र खानप्र के दस किलोमीटर की परिधि में बसे गांवों में अगर ग्रामीणों को इलैक्ट्रोनिक मीटर लगवाने और मीटर घर के बाहर निकालने का विरोध ने करने के लिये राजी कियात जाता है तो उन्हें चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध करा दी जायेगी

उन्होंने बताया कि गांव वासियों के विरोध के कारण चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है और अधिकतर गांवों में पैतालिस से लेकर अटठासी मेबावाट तक लाइन लोस दर्ज किया गया है उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश के सात हजार आठ सौ अड़तालिस गांवों में से तीन हज़ार सात सौ अड़तालिस गांवों में चौबीस घंटे बिजली दी जा रही है

उन्होंने बताया कि इन रिक्त पदों को सीधी भर्ती दवारा और पद बदल कर भरने का प्रयास जारी है मंत्री ने बताया कि प्रयोगशाला में कुशल कर्मचारी काम कर रहे है जन नायक जनता पार्टी की विधायिका नैना चौधरी दवारा डबवाली मे प्रसूति हेतु महिला डाक्टर न होने और कार्यरत डाक्टर का तबादला किये जाने के बारे में पूछे गये प्रश्न पर श्री विज ने कहा कि यह बिल्कुल अलग प्रश्न है